प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है आज पहले नवरात्र पर मां दुर्गा के शैल पुत्री स्वरूप की पूजा की जा रही है मां दुर्गा के प्रसिद्ध शक्तिपीठों चामुंडा देवी बजेश्वरी देवी ज्वाला जी चिंतपूर्णी और नयना देवी सहित प्रदेश के अन्य देवी मंदिरों में नवरात्र पर्व को लेकर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को नवरात्रे और हिन्दु नववर्ष की बधाई दी है उन्होंने उम्मीद जताई कि नववर्ष लोगों के जीवन में नई उमंग और खुशियां लेकर आएगा निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राज्य निर्वाचन कार्यालयों को लोकसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल होने से संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने को कहा है आयोग ने स्पष्ट किया है कि इसका पालन न होने पर संबद्ध अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवारों के लिए शुरू किए गए सुविधा एप्लीकेशन के माध्यम से हलफनामे सहित नामांकन संबंधी अन्य दस्तावेज सार्वजनिक करने की नई व्यवस्था लागू की है उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है चुनाव आयोग लोकतंत्र के इस महापर्व में कोई भी मतदाता मताधिकार से वंचित न रहे इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा विशेष तैयारियां की जा रही है इसी मुहीम के तहत आयोग दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक पहुंचाने के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था करेगा

वहीं कांगड़ा जिले में भी दिव्यांगों को मतदान केन्द्रों तक पहुंचाने के लिए आयोग वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाएगा चुनाव आयोग द्वारा इस बार सुगम मतदान का थीम निर्धारित किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान कर सकें

एनजीटी की राज्य स्तरीय समिति की अध्यक्ष राजवंत संधू ने नाहन में इस संबंध में आयोजित एक बैठक में ये बात कही उन्होंने कहा कि शहरों को स्वच्छ व प्रदूषण मुक्त रखने के लिए गीले व सूखे कूड़े का अलग अलग प्रबंधन करना आवश्यक है

किलोड़ जिला परिषद सदस्य ललित ठाकुर ने चंबा कुंडी चंबा लिल्ह और चंबा बटोत मार्गों पर जल्द बस सेवा बहाल करने की प्रशासन व सरकार से मांग की है उन्होंने कहा कि इन मार्गों के बंद होने से विभिन्न पंचायतों के लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ललित ठाकुर ने इस संबंध में राज्यपाल को एक पत्र भी भेजा है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने पुलिस हिरासत में सूरज हत्याकांड से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है पुलिस कस्टडी में मौत मामले में आईजी जैदी को मिली जमानत अमर उजाला के मुताबिक आईजी जैदी को डेढ़ साल बाद जमानत आठ अभी जेल में बंद दिव्य हिमाचल का शीर्षक है पूर्व आईजी जैदी को जमानत

जबकि दैनिक भास्कर लिखता है पूर्व आईजी जहूर हैदर जैदी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत आश्रय शर्मा ने कलंक के साथ की राजनीतिक जीवन की शुरूआत शीर्षक से आपका फैसला लिखता है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गोहर में दादा और पोते पर बोला हमला जबकि अमर उजाला के शब्द हैं कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय की जीत के लिए पिता सुखराम के साथ घर में रणनीति बना रहे मंत्री अनिल शर्मा

प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलेगी निजी कंपनी सरकार को किया आवेदन दैनिक भास्कर की खबर है जून से आगे खिसकेगी इन्वेस्टर मीट शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने लिखा है लोकसभा चुनाव और फिर नई सरकार के गठन में लगेगा समय ब्यास नदी में डूबने से भाई बहन की दर्दनाक मौत से जुड़ी खबर को भी सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है चैत्र नवरात्रे आज से मां चिंतपूर्णी का दरबार फूलों से सजाया अजीत समाचार की खबर है

नमस्कार